मास्क पहनें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

इस वर्ष यह समारोह वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है और इसमें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि और कलाकार भाग लेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी इससे पूर्व वैदिक मंत्रोचार के साथ सबसे पहले भूमि पूजा की गयी मौके पर विभिन्न धर्मगुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना भी की

श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण होगा

उन्होंने कहा कि नया भवन सांसदों की कुशलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी यही कारण है कि नए संसद भवन को निर्माण करना आवश्यक हो गया था केन्द्रीय कृशि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि नए कानूनों का कृषि उत्पाद विपणन समितियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई बुरा असर नहीं पडेगा उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं सरकार उनके बारे में खूले दिल से बातचीत को र्तयार है सरकार ने समर्थन मूल्य और मंडियों के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव भेजा लेकिन किसान नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया

दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी

लालू ने आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के आहवान के जरिए देशवासियों को स्वस्थ रहने की जो प्रेरणा दी उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसा की है एक ट्वीट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वह लोगों को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की इस पहल की सराहना करता है इस कार्यक्रम का श्भारंभ केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया था उन्हेंन इसके लिए बॉलीबूड की हस्तियों खिलाडियों लेखकों डॉक्टरों और फिटनेस विशेषज्ञों से भरपूर समर्थन मिला इन सभी लोगों ने स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन तीस मिनट व्यायाम करने के मूल मंत्र को अपनाने का अनुरोध किया

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल अनुमंडलीय न्यायालय गठित किए जाने से संबंधित संलेख प्रारूप को मंजूरी दे दी है इसे अब स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा अनुमंडलीय न्यायालय के गठन को लेकर न्यायालय भवन आवासीय भवन और कारागार के निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है नगर उंटारी अनुमंडल में छह न्यायालय गठित किए जाएंगे इनमें जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश का एक न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन का एक न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय सिविल जज जुनियर डिवीजन का एक न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी का दो न्यायालय होगा इन न्यायालयों के गठन को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों एवं उनके सहयोग के लिए अधीनस्थ कर्मियों के पदसुजन की कार्रवाई की जानी है न्यायिक पदाधिकारियों के पद सुजन की कार्रवाई कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजमाषा विभाग के स्तर से होगी जबकि अराजपत्रित कर्मचारियों के पदसुजन की कार्रवाई विधि विभाग के द्वारा की जानी है सिमडेगा जिले में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ तिहतर नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है जबकि कोरोना से दो सौ बीस मरीज ठीक हुए हैं राज्य में कोरोना से दो लोगों की मौत हुई है मृतकों में रांची और बोकारो से एक एक मरीज शामिल हैं

इनमें एक हजार छह सौ नब्बे सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख आठ हजार तीन सौ बीस मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में कोरोना से नौ सौ तिरानबे लोगों की मौत हुई हैं

भारत दुनिया के उन दस प्रमुख देशों में शामिल था जहां रोगियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई लेकिन महामार्री से कारगर तरीके से निपटने में वैज्ञानिक संसाधनों के लिहाज से भी भारत अग्रणी देशोंमें शामिल रहा हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी के वायरस को अलग करने और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने में कामयाबी हासिल की एक ओर हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत से ये कारनाम दिखाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने टीके के विकास के कार्यक्रम की लगातार निगरानी कर मानवता के इतिहास में टीका निर्माण का सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाने वाले देश के रूप में भारत का नाम दर्ज कराया

डॉक्टर मरीजों को नहीं देखेंगे और सभी तरह की जांच भी बंद रहेगी झारखंड आइएमए झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिए ान और निजी अस्पतालों के एसोसिए ान ने हड़ताल का समर्थन किया है गढ़वा के भवनाथपूर बस्ती में भाादी समारोह में बीती रात फायरिंग होने से रांची के व्यवसायी की गोली लगने से मौत हो गई पुलिस मामले की छानबीन कर रही है केन्द्र सरकार ने चतरा लोकसभा के आठ सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोर्डिनें ान एंड मॉनिटरिंग दि ाा का सदस्य मनोनीत किया है इनका मनोनयन गैर सरकारी सदस्यों के रूप में किया गया है

वहीं वेन्डर जई और मुखिया पर मामला दर्ज किया गया है

और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाप्रित किया है राज्य से प्रका ीत लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के भूमि पूजन की खबर को प्रमुखता से प्रकाप्रित किया है बंगाल में नडडा के काफिले पर पथराव इस भार्शक को दैनिक हिन्दुस्तान ने अपने अखबार की सुर्खी बनाई है प्रभात खबर ने नए संसद मवन की पीएम ने रखी नींव खबर को अपने पहले ँ पन्ने पर प्रकाशित किया है वहीं दैनिक भास्कर ने झारखंड में पहली बार एक एक करोड़ रूपये के चार इनामी हार्डकोर नक्सलियों की तस्वीर जारी खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन की आधारप्रिाला रखे जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने कृशि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा किसानों से बातचीत करने के प्रस्ताव की खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है